विश्व खाद्य दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के आवश्यक अंग है

इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अन्न देव भवः नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य लोगों को खाद्यान्न के महत्व को बताने के साथ ही भोजन की बरबादी को रोकना है

श्री तोमर ने कहा कि तीन दशमलव चार प्रतिशत सकल घरेलु उत्पाद जी डी पी के साथ कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है श्री तोमर ने कहा कि श्री तोमर ने कहा कि कृषि और खाद्यान्न से जुड़ी प्रौद्योगिकी का केंद्र बिंदु इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर है

जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

शराब मृत्यु उज्जैन में अवैध शराब पीने से हई मृत्य के मामलों की जांच के लिये राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरी जांच दल उज्जैन पहंच गया है और उसने जांच शुरू कर दी है इस दल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसके झा और पुलिस उप महानिरीक्षक सुशांत सक्सेना शामिल हैं आज उज्जैन में एक संवाददाता सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ राजेश राजोरा ने बताया कि जांच दल ने छत्री चौक रीगल टाकीज खारा कुआं थाना क्षेत्र के साथ साथ रैन बसेरो में जाकर घटना स्थल का जायजा लिया और लोगों से पूछताछ की

इस मामले की जांच के लिये मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष जांच दल गठित किया गया था उधर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों को आज हुई एक बैठक में निर्देश दिये हैं कि अवैध शराब बनाने और उनकी बिकी करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए अधिक मास हर तीन वर्षो में आने वाला अधिक मास आज अमावस्या के साथ संपन्न हो गया परम्पराओं के अनुसार इस महीने को पुरूषोत्तम मास भी कहते हैं पवित्र माने जाने वाले पुरूषोत्तम मास में श्रद्वाल् प्ररे महीने भगवान शिव और हरि की विशेष प्रजा अर्चना करते हैं आज इस महीने के समापन अवसर पर होशंगाबाद भेड़ाघाट बरमान सहित नर्मदा नदी के विभिन्न तटों पर श्रद्वालुओं ने स्नान कर विशेष प्रजा अर्चना की कोरोना संकमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बचाव और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये थे उज्जैन में भी सुबह से ही श्रद्वालुओं ने क्षिप्रा नदी के तटों पर पहुंचकर पूजा अर्चना की हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर में करीब एक लाख से अधिक श्रद्वालुओं ने स्नान कर ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किये नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि कल अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो रहा है कल घट स्थापना की जाएगी और जवारे लगाए जाएगे

कल पहले दिने देवी शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना होगी

राज्य सरकार ने इस बार कोविड संकमण के चलते विभिन्न स्थानों में सजाई जाने वाली देवी की झांकियों में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है साथ ही श्रद्वालुओं को दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी कोविड से बचाव के उपायों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं

इनमें से एक को बचा लिया गया वहीं दो लोगों के शव मिले हैं अन्य दो की तलाश की जा रही है

वहीं आज जिले की दो विधानसभा क्षेत्रों के लिये नियुक्त किये माइको आब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया